सप्ताह में चार दिन सोमवार मंगलवार गुरूवार और शनिवार को लगाये जायेंगे टीके राज्य में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर अंठानवे प्रतिशत हुई

भाजपा के शाहनवाज हुसैन और वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी करेंगे नामांकन और प्रदेश में भीषण ठंड का प्रकोप

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

पहले चरण के टीकाकरण के दूसरे दिन आज तीस हजार एक सौ स्वास्थ्यकर्मियों का कोरोना टीकाकरण होगा राज्य स्वास्थ्य समिति के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रदेश के तीन सौ एक केन्द्रों पर टीकाकरण की तैयारी की गयी है राज्य में हर सप्ताह चार दिन सोमवार मंगलवार ब्रहस्पतिवार और शनिवार को टीके लगाये जाएंगे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने लोगों से अपील की है कि वे टीका लगवाने के बाद भी सभी सावधानियां बरतें उन्होंने कहा कि टीकाकरण की प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रखी जा रही है ताकि किसी तरह के प्रतिकूल असर पर नियंत्रण किया जा सके वहीं पिछले शनिवार को टीकाकरण अभियान के पहले दिन छूटे गये स्वास्थ्यकर्मियों के लिए आज टीका लेने का आखिरी मौका होगा ये स्वास्थ्यकर्मि आज टीका नहीं लेंगे तो कोविड पोर्टल से उनका नाम हमेशा के लिए हट हो जायेगा ऐसे कर्मियों को बाद में सामान्य नागरिकों की तरह टीका लेना होगा गौरतलब है कि इस महीने की सोलह तारीख को टीकाकरण अभियान के पहले दिन अठारह हजार एक सौ बाईस स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाये गए थे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि पूरे देश में तीस करोड़ लोगों का जून जुलाई तक टीकाकरण कर लिया जायेगा उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में अग्निम पंक्ति पर तैनात कर्मचारियों को टीका लगाने का काम फरवरी तक प्रा करने का लक्ष्य है डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी राज्यों से ऐसे कर्मचारियों से जुडे आंकड़े छब्बीस जनवरी तक डिजिटल प्लेटफार्म पर अपलोड करने को कहा है उन्होंने कहा कि तीसरे चरण में पचास से ऊपर वहीं चौथे चरण में इससे नीचे की उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जायेगा स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव मनोहर अगनानी ने कहा कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद देश में दो दिनो में दो लाख चौबीस हजार तीन सौ एक लाभार्थियों को टीका दिया गया है उन्होंने कहा कि यह विश्व में टीकाकरण की सबसे बड़ी संख्या है और यह ब्रिटेन अमेरिका और फ्रांस से भी अधिक है

जो टीकाकरण के पश्चात हो और इसका संबंध वैक्सीन से या वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है यदि किसी टीकाकरण के पश्चात किसी को अस्पताल में भर्ती कराना पडें तो वो संख्या बहत कम होती है और इसको हम सीरियस ए ई एफ आई में दर्ज करते है

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सक्षम नेतृत्व काफी प्रभावी साबित हुआ है देश में कोविड मृत्यु दर काफी कम रही जांच और उपचार के लिए सक्षम ढांचागत चिकित्सा सुविधाएं भी विकसित हो सकीं कर्नाटक के बेलगावी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि देश में विकसित टीके की वजह से आज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान संभव हो पाया है श्री शाह ने भरोसा दिलाया कि देश में विकसित दोनों टीके पूर्णतः सुरक्षित हैं

हमारे ही देश में बने हुए दोनों टीके पूर्णतरू सुरक्षित हैं मोदी जी ने स्वयं की निगरानी से ये पूरे टीकाकरण के कार्यक्रम का आयोजन किया है कांग्रेस की बातों में मत आना जिसका नंबर आए डिसिपिलिन तरीके से टीका लगाकर अपने आप को कोरोना से मुक्त करने का काम करिएगा प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर अंठानवे प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों में तीन सौ तिरासी मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख तिरपन हजार पांच सौ उनहत्तर हो गई है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या तीन हजार सात सौ बारह है वहीं इसी अवधि में दो सौ ग्यारह नये मामलों की भी पुष्टि हुई जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर दो लाख अंठावन हजार सात सौ उनतालीस हो गया है राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या एक हजार चार सौ संतावन हो गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकतीस जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की तिहत्तरवीं कड़ी होगी एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से अपने प्रेरक सुझाव साझा करने का आग्रह किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ विचारों पर वे कार्यक्रम में चर्चा भी करेंगे लोग नमो ऐप या माईजीओवी ओपन फोरम पर कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं वे टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर भी डायल कर सकते हैं और अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं लोग एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और अपने सुझाव सीधे प्रधानमंत्री को एसएमएस में प्राप्त लिंक से भेज सकते हैं विधान परिषद की दो रिक्त सीटों के उप चूनाव के लिए आज नामांकन पत्र भरने का अंतिम दिन है इन सीटों के लिए भाजपा की ओर से शाहनवाज हुसैन और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे ये दोनों सीटें भाजपा कोटे की है गौरतलब है कि राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी और विधायक विनोद नारायण झा के इस्तीफे के कारण इन दोनों सीटों के लिए उप चुनाव हो रहे हैं कल नामांकन पत्रों की जांच होगी जबकि इक्कीस जनवरी तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकते हैं अट्ठाईस जनवरी को मतदान होगा और उसी दिन मतों की गिनती भी की जायेगी इधर उप चुनवा के लिए विपक्ष की ओर से अभी तक किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत आम चूनाव को लेकर सभी जिलों के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को पोलिंग ब्रथों के गठन का निर्देश दिया है आयोग के सचिव योगेन्द्र राम ने बताया कि इस बार पंचायत चुनाव में वर्तमान मूखिया के घर के सौ मीटर के अन्दर किसी भी मतदान केन्द्र का गठन नहीं किया जायेगा वहीं निजी भवन और परिसर में भी बूथ नहीं बनेगा आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि थाना अस्पताल डिस्पेंसरी मंदिर और अन्य धार्मिक महत्व के स्थानों पर ब्रथों का गठन नहीं किया जायेगा देश में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आज राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन किया जायेगा उद्वाटन समारोह नई दिल्ली में होगा तथा रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ करेंगे इधर प्रदेश में भी आज से वाहनों की जांच और वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया जायेगा इस अभियान में एनसीसी कैडेट और अन्य स्वयं सेवक भी सहयोग करेंगे पटना सहित पूरा प्रदेश भीषण ठंड की चपेट में है ठंड के कारण आम जन जीवन प्रभावित हुआ है राज्य में बर्फीली हवा के कारण तापमान में लगातार गिरावट हो रही है मौसम विभाग ने पटना और पूर्णियां में कोल्ड डे घोषित किया है आज भी पटना सहित राज्य के बारह जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी आज सुबह से ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पांच डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ डिहरी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जबकि गया का छह दशमलव चार पूर्णियां का आठ दशमलव आठ और पटना का न्यूनतम तापमान नौ दशमलव दो डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से रेल हवाई और सड़क सेवा प्रभावित हुआ है हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि पटना गया और दरभंगा हवाई अड़डे पर दृश्यता कम होने के कारण विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई है कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा है और कुछ के समय में बदलाव किया गया है इधर गरीब और असहाय लोगों को ठंड से हो रही परेशानी के मद्देनजर प्रशासन की ओर से सार्वजनिक चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गयी है दशमेश ग्रू ग्रूगोविंद सिंह जी महाराज के तीन सौ चौवनवें प्रकाशोत्सव पर आज पटना साहिब से प्रभात फेरी निकाली गयी प्रकाशोत्सव को लेकर विभिन्न राज्यों से सिख श्रद्दालु पटना साहिब पहुंचने लगे हैं इधर पटना साहिब स्थित तख्त हरीमंदिर साहिब को आकर्षक ढंग से सजाया गया है तख्त हरीमंदिर में आज देर रात से अंखड पाठ शुरू हो जायेगा बुधवार को मुख्य समारोह मनाया जायेगा प्रकाशोत्सव को लेकर पटना साहिब में लंगर सेवा की विशेष व्यवस्था की गयी है जिलाधिकारी चन्द्रशेखर सिंह ने आज से शुरू हो रहे प्रकाश पर्व पर कोविड उन्नीस के मानकों का अनुपालन करने का निर्देश दिया है रेलवे ने प्रकाश पर्व को लेकर छब्बीस जनवरी तक चौदह जोड़ी ट्रेनों का पटना सहिब रेलवे स्टेशन पर दो मिनट के लिए अस्थायी ठहराव दिया है रेलवे की इस विशेष पहल से प्रकाश पर्व पर पटना साहिब आने वाले सिख श्रद्वालुओं को सुविधा होगी मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के मुजफ्फरगंज रतैठा गांव में पुलिस ने दो मिनीगन फैक्ट्री का उदभेदन कर एक महिला समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि इस दौरान मौके से तीन अर्द्ध निर्मित देसी पिस्तौल दो वेस मशीन दो ड्रील मशीन और भारी संख्या में शस्त्र निर्माण में काम आने वाले औजार बरामद किया गया है भागलपुर जिले के झंडापुर सहायक थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक व्यवसायी के घर डाका डालकर करीब पच्चीस लाख रुपये की संपत्ति लूट ली घटना से आक्रोशित व्यवसायियों ने औलियाबाद और झंडापुर बाजार को बंद करा दिया लोगों ने अपराधियों की शीध्र गिरफ्तारी की मांग की है पश्चिम चम्पारण जिले के बेतिया स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या बयालीस पर एक बस की चपेट में आने से मोटरसाईकिल सवार तीन लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गयी पूर्णियां जिले पुलिस ने अलग अगल स्थानों से तीन मादक तस्करों को गिरफ्तार किया है चेन्नई में खेले जा रहे सैयद मुश्ताक अली टी ट्वेंटी क्रिकेट टूर्नामेंट के प्लेट ग्रूप के मुकाबले में बिहार ने मणिपुर को नौ विकेट से पराजित कर दिया बिहार की ये लगातार चौथी जीत है मणिपुर की टीम ने निर्धारित बीस ओवर में आठ विकेट पर एक सौ पांच रन ही बनाये लक्ष्य का पीछा करते हुये बिहार की टीम ने सत्रह ओवर में जीत हासिल कर ली बिहार की ओर से शशिम राठौर ने नवाद साठ रन बनाये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 हिन्दुस्तान का शीर्षक है बिहार में जून तक दो करोड़ दस लाख लोगों को टीका राज्य में आज से हफ्ते में चार दिन टीका दैनिक जागरण की सुर्खी है मंत्रिमंडल का हफ्ते भर में होगा विस्तार राज्यपाल कोटे की खाली विधान परिषद की बारह सीटों पर भी मनोनयन दैनिक भास्कर ने ट्रकों की हड़ताल की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है ट्रक हड़ताल से बालू गिट्टी की ढुलाई बाधित प्रभात खबर ने ठंड की खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुये लिखा है फिर लौटी कड़ाके की ठंड पटना पूर्णियां में कोल्ड डे

सप्ताह में चार दिन सोमवार मंगलवार गुरूवार और शनिवार को लगाये जायेंगे टीके राज्य में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर अंठानवे प्रतिशत हुई

भाजपा के शाहनवाज हुसैन और वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी करेंगे नामांकन और प्रदेश में भीषण ठंड का प्रकोप